भाजपा को अकेले तीन सौ तीन सीटों के साथ पूर्ण बहुमत कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को नब्बे सीटें

बिहार में एनडीए की भारी जीत चालीस में से उनतालीस पर कब्जा

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केन्द्र में नई सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत हासिल कर लिया है एनडीए पांच सौ तैंतालीस सदस्यीय लोकसभा में तीन सौ इक्यावन सीटें जीत ली हैं भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से तीन सौ तीन सीटों पर जीत हासिल करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को दो सौ बयासी सीटें हासिल की थी वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने नब्बे सीटों पर जीत दर्ज की है अकेले कांग्रेस को बावन सीटों पर विजय प्राप्त हुई हैं अन्य दलों ने एक सौ एक सीटें जीती है

श्री कुमार ने कहा कि नई सरकार की कोशिश होगी कि आपसी सौहार्द के माहौल में विकास कार्यों को आगे बढाए इधर जदयू अध्यक्ष ने आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की पटना साहिब से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नफरत की राजनीति को देश की जनता ने नकार दिया है

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को भी बेहतर तरीके से जीतेगा उजियारपुर से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद नित्यानंद राय ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि लोगों ने एनडीए को उसके कामों के आधार पर चुना है उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास न तो कोई नीति थी और न ही कोई नीयत

आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह जनादेश दिखाता है कि जनता ने विकास के प्रति एक बार फिर अपनी आस्था जतायी है पूर्वी चंपारण से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उनपर जो विश्वास जताया है उसे वे पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे बेगूसराय से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने लोकसभा चूनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि यह परिणाम क्षेत्रवाद जातिवाद और भ्रष्टाचार पर एक बड़ा प्रहार है शिवहर से भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद रमा देवी ने कहा कि इस चुनाव में सभी मुद्दों पर विकास की सोच भारी पड़ी पाटलिप्त्र लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि मुझे हराने के लिए लालू प्रसाद का परिवार पूरे जोर शोर से लगे थे उनके परिवार के लोगों ने हर तरह से प्रयास किया लेकिन पाटलिपुत्र की जनता ने उनके कामों पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर सदन भेजा है समस्तीपूर से लोजपा के नवनिर्वाचित सांसद रामचन्द्र पासवान ने एनडीए की जीत को विकास की जीत बताया वहीं खगड़िया से लोजपा के नवनिर्वाचित सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच कोई तालमेल नहीं था और विकास के आगे यह पूरी तरह नकारा साबित हुआ

उन्होंने राजद के भीतर भी संगठनात्मक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि इस हार से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन की तुलना में एनडीए के घटकों में ज्यादा तालमेल है जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्प् यादव ने कहा है कि इस लोकसभा चूनाव में महागठबंधन को जिस प्रकार की हार मिली है उसके बाद राजद में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बाद अब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है

आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पार्टी को अब किसी वैशाखी नहीं जरूरत नहीं है

पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुये कहा कि जनता ने उन्हें हराया है और इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा को भंग करने की घोषणा करेंगे सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त होगा और उसके पहले सत्रहवीं लोकसभा का गठन जरूरी है नये सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद श्रू होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्री भी भाग लेंगे बिहार में इस बार एनडीए ने चालीस में से उनतालीस सीटों पर जीत हासिल की है पिछले लोकसभा चूनाव के मुकाबले में इस बार गठबंधन को सात सीटों पर अधिक सफलता मिली है जबकि महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर ही खाता खोल सकी है यह सीट किशनगंज की है जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जदयू के सैयद महमूद अशरफ को चौंतीस हजार से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया वहीं राजद रालोसपा हम और विकासशील इंसान पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका एनडीए के घटक दलों में भाजपा को सत्रह जदयू को सोलह और लोजपा को छह सीटों पर सफलता मिली है भाजपा ने जिन सीटों पर सफलता हासिल की है उसमें पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर मधुबनी अररिया दरभंगा मुजफ्फरपुर महाराजगंज सारण उजियारपुर बेगूसराय पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम और औरंगाबाद शामिल हैं वहीं जदयू को सीतामढ़ी झंझारपुर सुपौल कटिहार पूर्णियां मधेपुरा गोपालगंज सिवान भागलपुर बांका मुंगेर नालंदा काराकाट और गया सीटों पर जीत मिली है लोक जनशक्ति पार्टी ने जमुई वैशाली समस्तीपुर हाजीपुर खगड़िया और नवादा सीटों पर अपना परचम लहराया है बिहार में एनडीए को तिरपन फीसदी मत प्राप्त हुये हैं भाजपा को तेईस दशमलव छह प्रतिशत जदयू को इक्कीस दशमलव आठ प्रतिशत और लोजपा को सात दशमलव नौ प्रतिशत मत मिले हैं राजद को पन्द्रह दशमलव तीन आठ और कांग्रेस को सात दशमलव सात प्रतिशत वोट मिले हैं जबकि अन्य दलों को इक्कीस दशमलव छह आठ प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है राज्य की चालीस संसदीय क्षेत्र में तेरह सीटों पर मतदाताओं ने नोटा को तीसरे विकल्प के रूप में चुना है गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक इक्यावन हजार छह सौ साठ मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया दूसरे स्थान पर रहे पश्चिम चंपारण में पैंतालीस हजार छह सौ उनहत्तर मतदाताओं ने इसका प्रयोग किया तीसरे स्थान पर जमुई रहा जहां के पैंतीस हजार चार सौ सत्रह मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया वहीं पूर्वी चंपारण में बाईस हजार सात सौ छह नवादा में पैंतीस हजार एक सौ सैंतालीस गया में तीस हजार तीस बेगूसराय में छब्बीस हजार छह सौ बाईस खगड़िया में तेईस हजार आठ सौ अड़सठ और महाराजगंज में तेईस हजार चार सौ चार मतदाताओं ने नोटा को अपने पसंदीदा विकल्प के रूप में चुना राज्य में दो विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपच्रनाव में भी एनडीए प्रत्याशियों को सफलता मिली है डिहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के सत्यनारायण यादव ने राजद के मोहम्मद फिरोज हुसैन को तैंतीस हजार से अधिक मतों से हरा दिया वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव में जदयू के कौशल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार को ग्यारह हजार से अधिक वोटों से पराजित कर दिया इस बार संपन्न हुये लोकसभा चूनाव में प्रदेश की चालीस सीटों से कुल छह सौ छब्बीस उम्मीदवार मैदान में थे सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतारे थे जबकि राजद के उन्नीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे जदयू और भाजपा ने सत्रह सत्रह तथा लोजपा ने छह उम्मीदवार उतारे थे कांग्रेस के नौ तथा रालेसपा और एनसीपी के पांच पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे सीपीआई के दो और सीपीएम तथा तृणमूल कांग्रेस के भी एक एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे इसके अलावा दो सौ तीस निर्दलीय उम्मीदवार भी चूनाव मैदान में थे जबकि बिना मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या दो सौ उनासी थी छप्पन महिला उम्मीदवार भी चूनाव मैदान में थीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार नालंदा और सबसे कम आठ उम्मीदवार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में थे लोकसभा के लिए बिहार से पहली बार सोलह नये सांसद चूने गये हैं इनमें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू मधुबनी से अशोक कुमार यादव झंझारपुर से रामप्रीत मंडल सुपौल से दिलेश्वर कामत किशनगंज से मोहम्मद जावेद कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी दरभंगा से गोपालजी ठाकुर और वैशाली से वीणा देवी पहली बार निर्वाचित हुई है इसके साथ ही गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन सीवान से कविता सिंह हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस भागलपुर से अजय कुमार मंडल जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी गया से विजय कुमार और नवादा से चंदन सिंह भी पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं पटना साहिब से निर्वाचित रविशंकर प्रसाद फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भी हैं लोकसभा चुनाव में बिहार से इस बार भी तीन महिलाओं ने जीत हासिल की है बिहार में लोक सभा चूनाव में कई दिग्गज नेताओं के परिजनों की हार हुई है सबसे करारी हार राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार को मिली है उनकी पुत्री मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र और समधी चंद्रिका राय सारण से पराजित हो गये हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी के भाई अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव भी महाराजगंज से हार गये हैं पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय के पोते शाश्वत केदार कांग्रेस के टिकट पर वाल्मिकी नगर से खडे थे उन्हें जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने पराजित किया बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को भी सिवान से दुबारा पराजय का मुंह देखना पडा बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर लोक सभा क्षेत्र से मैदान में थी नीलम देवी को राज्य के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पराजित किया जनता ने इस बार जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मधेपुरा से और उनकी पत्नी रंजीत रंजन को सुपौल लोकसभा क्षेत्र से नकार दिया

लूट के बाद अपराधी गोलीबारी करते हुए फरार हो गये कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के नया टोला से पूलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की टीम ने जिले के भवानीपुर और मोहनाचांदपुर दियारा इलाके से कुख्यात अपराधी वासुकी ठाकुर गिरोह के तीन सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

भाजपा को अकेले तीन सौ तीन सीटों के साथ पूर्ण बहमत कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को नब्बे सीटें

बिहार में एनडीए की भारी जीत चालीस में से उनतालीस पर कब्जा